मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

सूचना और प्रसार मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मीडिया को इसकी जानकारी दी श्री जावडेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने डीटीएच सेवाओं को उपलब्ध कराने के बारे में दिशा निर्देशों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है उन्होंने कहा कि डीटीएच लाइसेंस बीस वर्षो के लिए जारी किए जायेंगे और लाइसेंस शुल्क तिमाही आधार पर लिया जाएगा डीटीएच संचालकों के बीच संसाधनों के बटवारे की भी व्यवस्था की गई है श्री जावेडेकर ने कहा कि डीटीएच सेवाओं में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के लिए भी दिशा निर्देशों में भी संशोधन किया गया है

प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान छह राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष लाभार्थी किसानों को छह छह हजार रूपये दो दो हजार रूपये की तीन किश्तों में दिए जाते हैं यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में अंतरित की जाती हैं

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चौधरी चरण सिंह जीवनभर गांवों और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में चौधरी चरण सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्वांजलि दी

प्रदेश के किसान नये कृषि कानूनों को फायदेमंद बता रहे है श्रीगंगानगर के सार्दलशहर के किसान आत्माराम ने भी नये कानूनों को लेकर खुशी जताई

प्रदेश में डिकॉय ऑपरेशंस में गति लाई जाएगी ताकि जन्म से पहले अवैध भ्रण लिंग जांच पर रोक लगाई जा सके आज जयपुर में पीसीपीएनडीटी की राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक यह निर्णय किया गया बैठक को संबोधित करते हुए चिकित्सा मंत्री ने कहा कि लिंग अनुपात बढाने के लिए चिकित्सकों को छह महीने का सोनोग्राफी और संबंधित विधा का प्रशिक्षण देकर फील्ड में नियोजित किया जाएगा उन्होंने खासतौर पर सीमावर्ती और उन जिलों कडी नजर रखने के निर्देश दिए जहां लिंगानुपात सही नहीं है

जो सह रुग्णता परिस्थितियों में है क्योंकि इस श्रेणी में मृत्यु दर अधिक है

इसी के तहत कोविड के प्रति जागरूकता के लिये आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है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

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनियां और प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ ने इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सरकार पर निशाना साधा हैं

इस मामले में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड ने लिखा कि कोरोना काल में इस तरह के उपहारों का वितरण निन्दनीय है

हालांकि कुछ स्थानों पर दिन और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है मौसम विभाग के अनुसार आज माउंट आबू में न्यूनतम तापमान जमाव बिन्दू से बढ़कर शून्य दशमलव चार डिग्री सैल्सियस रिकॉर्ड किया गया